स्रक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आय् के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

श्री मोदी ने कल देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा की बैठक के दौरान उन्होंने जनता के बीच कोविड प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया कोविड व्यवहार के लिए छह से चौदह अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें सबको मास्क पहनने व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों और स्वास्थ्य स्विधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र पंजाब और छत्तीसगढ़ में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केन्द्रीय टीम भेजने का निर्देश दिया बैठक के दौरान देश में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई

इन्हीं राज्यों में कोविड से सर्वाधिक मौतें भी हई हैं महाराष्ट्र पंजाब और छत्तीसगढ़ में स्थिति गंभीर है बैठक में कोविड टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई देश में आवश्यकता के अन्रूप वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास चल रहे हैं इसके साथ ही जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहंचाई जा रही है

इससे पहले श्री शाह ने जगदलपुर जाकर राज्य की स्थिति की समीक्षा की

बैठक में देश के क्छ राज्यों में कोरोना के बढते मामलों की स्थिति पर चर्चा की जाएगी इसमें टीकाकरण के म्द्दे पर भी विस्तार से चर्चा होगी

एक संदेश में उन्होंने कहा कि सफेद रंग का त्योहार यहां पवित्रता शांति और समृद्धि का प्रतीक है

प्रयोगशाला इन रॉकेटों की प्राद्योगिकी निजी क्षेत्र को बड़ी मात्रा में उत्पादन के लिए हस्तांतरित करेगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अन्संधान और विकास संगठन और भारतीय नौसेना को इस उपलिब्ध के लिए बधाई दी है